नई दिल्ली में मंगलवार को प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचित बिदोल तायेंग से मुलाकात के दौरान श्री रिजिजू ने यह आश्वासन दिया गौरतलब है कि सियांग नदी तिब्बत से निकलती है और चीन में भारी वर्षा के कारण अगस्त और सितंबर महीने में सियांग नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था जिसके चलते जिले के सियांग नदी के आसपास बसे हुए एक हजार परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए है केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधिकारी आगामी दो अक्टूबर से छब्बीस जनवरी के बीच राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे कौशल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों और चुनौतियों को समझने के लिए वे राज्य का दौरा करेंगे नई दिल्ली में कल एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दौरान वे सबसे पहले जिला उपायुक्त और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय और राज्य योजनाओं के जरिए चिन्हित जिलों को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करने के लिए केंद्र ने इस महात्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की है प्रदेश में महात्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए नामसाई जिले को चुना गया है

गौरतलब है कि गत सात मई को विधानसभा में इस संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था

कांग्रेस समिति ने यह स्पष्ट करने की मांग है कि प्रदेश में रहने का मानक वाणिज्यिक और आवासीय संपत्ति उत्पादन में कम है तो राज्य सरकार भूमि राजस्व कहा से लेगी

इस अवसर पर जिला उपायुक्त राजीव ताकुक ने लोगों के लाभ के लिए ई गवर्नेंस के तहत सरकार द्वार उठाए गए विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी इस अवसर पर श्री ताकुक ने पुलिस कर्मियों से प्रौद्योगिकी और डिजिटाइजेशन के खतरों पर निगरानी रखने को कहा ताकि इस वरदान का दुरुपयोग न हो केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आपातकालीन कार्रवाई के लिए अत्याधुनिक समेकित नियंत्रण कक्ष गृह मंत्रालय में स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं कल गृह मंत्रालय की ओर से जारी व्यक्तव्य में कहा गया है कि इसरों इस नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए तकनीकी कौशल उपलब्ध कराएगा यह परियोजना गृह मंत्रालय की निगरानी में पूरी की जाएगी नियंत्रण कक्ष अगले डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा नियंत्रण कक्ष आपदा प्रबंधन के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में भी मदद देगा तवांग उत्सव दो हजार अटठारह आगामी छब्बीस अक्टूबर से आयोजित किया जायेगा तीन दिन तक चलने वाले इस उत्सव की तैयारी के लिए कल स्थानीय विद्यायक सेरिंग ताशी ने एक बैठक बुलाई